कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये

मंत्रिमण्डल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण देने वाली व्यवस्था को और दस वर्ष के लिए बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी है

इस संवाद में प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन और घोषणा पत्र के वादे पूरे करने पर मुख्यमंत्री कलेक्टरों से चर्चा कर सकते है

मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पतालों में मरीजों की लम्बी कतारें लग रही है वहीं कई आपरेशन भी टालने पडे है राज्य सरकार और रेजीडेंट डॉक्टरों के बीच अब तक हुई वार्ता में हड़ताल खत्म करने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पायी चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघ् शर्मा ने कल पत्रकारों को बताया कि अस्पतालों में वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं ताकि मरीजों को किर्सो प्रकार की परेशानी न हों उन्होंने रेजीडेंट डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का आहवान किया साथ ही कहा कि यदि जरूरत हुई तो सरकार सख्ती करने से भी नहीं हिचकेगी

डॉ शर्मो कल जयपुर के एक महाविद्यालय में होम्योपैथी के सार्वजनिकरण कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना निरोगी राजस्थान बनाने का है और विभाग इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा

जिसके द्वारा सहकारी समितियों के प्रतिनिधि चुने जाएंगे

वहां न सिर्फ तोड़ फोड़ की बल्कि गोलियां चलाकर सोलह वाहन भी आग के हवाले कर दिये पहले से तैनात हथियारबंद पन्द्रह पुलिसकर्मियों ने पन्द्रह राउण्ड फायर किए लेकिन आखिरकार उन्होंने भागकर जान बचाई फायरिंग में फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि हमले के बारे में पुलिस को पहले ही सूचना मिल गई थी फलोदी थानाधिकारी राजीव भादू को लाइन हाजिर कर दिया गया इस मामले में तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये है और शेष की तलाश में छह टीमें गठित की गई हैं

ये रिश्वत परिवादी से एक जमीन की रजिस्ट्री करवाने के नाम पर मांगी गई थी आरोपी को आज अदालत में पेश किया जायेगा